इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सुपोषण थाली भी वितरित की और उन्हें स्वस्थ रहने की सलाह दी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रत्येक नागरिक का स्वस्थ होना ज़रूरी है मुख्यमंत्री ने कुपोषण के खिलाफ इस जंग के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सहयोग करने को अपील करते हुए कहा कि जब बच्चे स्वस्थ रहगे तभी आगे जाकर देश के विकास में वे अपना योगदान दे सके गे कार्यक्रम मं छः से सात माह के बच्चों का अन्नप्राशन किया गया किशोरियों को पोषण की पोटली दी गयो और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी की गयी अनेक बच्चों को भोजन खिलाया गया और कुछ बच्चों को मुख्यमंत्री ने स्वयं भोजन परोसा अयोध्या में भी जिलाधिकारी अनुज झा ने शहर के जनौरा में पोषण माह की शुरूआत की इस दौरान स्वास्थ्य और बाल पुष्टाहार विभाग बच्चों को चिन्हित कर उन्हें पोषित प्रष्टाहार देकर स्वस्थ बनाएगा और जानकारी हमारे प्रतिनिधि से आज जनौरा में आयोजित पोषण माह कार्यक्रम में बच्चों का वजन लिया गया और एनेमिक से पीड़ित माताओं को आयरन की गोलियां भी दी गई

जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक दिन भ्रमण कर बच्चों का पोषण स्तर बढ़ाने के लिए टीम काम करती रहेगी पुष्टाहार की रेसिपी के लिए व्यंजन प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी कुपोषित बच्चे की पहचान कर एनआरसी नेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाएगा जहां पर बच्चों का इलाज हो सकेगा राजेन्द्र सोनी आकाशवाणी समाचार अयोध्या इस योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सुपोषण स्वास्थ्य मेले भी आयोजित किये जायेंगे इन मेलों में मुफ्त जांच के साथ ही महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य सलाह भी दी जायेगी इस दौरान आयरन की गोलियों और पोषण पदार्थो का मुफ्त वितरण भी किया जायेगा

समारोह में मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि शिक्षा मात्र डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं है बल्कि सर्वागीण विकास की आधारशिला है मुख्यमंत्री ने कहा कि शैक्षिक सत्र में सुधार शिक्षकों की उपस्थिति पाठ्य सामग्री की उपलब्धता और नकल विहीन परीक्षा जैसी तमाम उपायो से प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में सुधार आया है उन्होंने इस दिशा में और काम करने की जरूरत पर बल दिया

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है पूर्व केन्द्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल होंगे भाजपा नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं वे कलराज मिश्र का स्थान लेंगे जिन्हें राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है तमिलनाडु की पूर्व भाजपा प्रमुख डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन तेलंगाना के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभालेंगी

इस भर्ती के लिए पच्चीस अप्रैल से तीस जून तक पंजीकृत महिला अभ्यर्थियों में से चार हजार चार सौ अट्ठावन अभ्यर्थियों का चयन किया गया है इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सेना के मध्य कमान स्थित भर्ती निदेशालय की ओर से विशेष इंतजाम किये जा रहे हैं निदेशालय के निदेशक आशुतोष मेहता ने हमारे लखनऊ संवाददाता से विशेष बातचीत म कहा कि इस ऐतिहासिक भर्ती प्रक्रिया के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है श्री मेहता ने भर्ती प्रक्रिया के विशेष इंतजामों को जानकारी देते हुए बताया कि भर्ती पूरी तरह से पारदर्शी होगी

हमने अलग अलग जिलों के हिसाब से अभ्यर्थियों को तीनों दिन में बाट दिया है ताकि पूरा इनको मौका मिले पहले दिन इनके फिजिकल टेस्ट होंगे जिसमें उन्हें क्वालीफाई करना है और उसमें जो सलेक्ट होंगे वो क्वालीफाई करेंगे

इसके तहत यातायात नियमों के उल्लंघन पर आर्थिक दंड बढ़ाया गया है लालबत्ती का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड एक हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दिया गया है सीट बेल्ट के बिना वाहन चलाने पर अब सौ रुपये की जगह एक हजार रुपये भरने होंगे लापरवाही से तेज गाड़ी चलाने पर एक हजार की जगह पांच हजार रुपये का दंड भरना होगा

बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगगा बीमा की प्रति के बिना वाहन चलाने पर दो हजार रुपये भरने होंगे किशोर के गाड़ी चलाने पर उसके अभिभावक और वाहन के मालिक को दोषी माना जाएगा इसके लिए पच्चीस हजार रुपये आर्थिक दंड के साथ तीन वर्ष के कारावास की सजा होगी हेलमैट के बगैर दोपहिया वाहन चलाने पर पहली बार पांच सौ रुपये और दोबारा ऐसा करने पर डेढ़ हजार रुपये का आर्थिक दंड देना होगा दुपहिया वाहन पर तीन सवारी ल जाने पर सौ रुपये की जगह पांच सौ रुपये भरने होंगे

यह महाअभियान सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में जारी रहेगा मतदाता ऑनलाइन और ऑफ लाइन माध्यम से सत्यापन कर सकता है इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार के किसी भी एक मतदाता को यूजर नेम और पासवर्ड दिया जायेगा वह मतदाता पंजीकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अपलोड कर सकेगा और अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों का विवरण भर सकेगा इन विवरणों का सत्यापन ब्लॉक लेवल अधिकारी करेंगे अंतिम मतदाता सूची अगले वर्ष जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी होगी प्रदेश में भी आज यह अभियान शुरू हो गया

जिलाधिकारी ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए ऑन लाइन पोर्टल ग्राम सेवा केन्द्र आदि के बारे में लोगों को जानकारी दी

ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पत्रकारों और भारत सरकार के बीच संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया